कोविड टीका अनुमति भारत के औषध महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोविड के दो टीकों भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है भारत के औषध महानियंत्रक वी जी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की

इसके अतिरिक्त संस्थान को देश में एक हजार छह सौ लोगों पर चरण दो और तीन के नैदानिक परीक्षण करने की भी अन्मति दी गई श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत किये गये परीक्षण के आंकड़ों की तुलना विदेशों में हए नैदानिक अध्ययनों से की जा सकती है विस्तुत विचार विमर्श के बाद इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने कुछ नियामक शर्तों के अधीन आपात स्थिति में इनके सीमित उपयोग की अनुमति दी श्री सोमानी ने बताया कि संस्थान द्वारा देश में चलाया जा रहा नैदानिक परीक्षण जारी रहेगा औषध महानियंत्रक ने बताया कि भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे के सहयोग से को वैक्सीन तैयार किया है उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन वैरो सेल प्लेटफार्म पर विकसित किया गया है जिसका देश और विश्वभर में सुरक्षा और प्रभावकारिता का सुस्थापित रिकॉर्ड है

उन्होंने बताया कि इस विषय से संबंद्व विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन से संबंधित सुरक्षा और रोग प्रतिरोग क्षमता की समीक्षा की थी और जनहित में आपात स्थिति में इसके सीमित उपयोग की अनुमति दी थी श्री सोमानी ने यह भी बताया कि कैडिला हैल्थ केयर को चरण तीन का नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दी गई है

उन्होंने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक द्वारा तैयार किये गये टीकों की दो खुराकें दी जायेंगी और कैडिला कंपनी के टीके सहित समी तीनों टीकों को दो से चार डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा प्रधानमंत्री आन वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बॉयोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी टवीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों वैज्ञानिकों पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्वाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्वाओं ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनेक लोगों का जीवन बचाया है

राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है

प्रत्येक जिले में कम से कम तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे वैक्सीन पूर्वाभ्यास का लक्ष्य स्वस्थ्य प्रणाली में कोविड के टीकाकरण की व्यवस्था को अंतिम रूप देना था मंत्रालय को विन साफ्टवेयर का विकास भी कर रहा है जो वैक्सीन के स्टॉक भंडारण तापमान और टीके के लाभार्थियों की पहचान के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा देश भर में कोविड वैक्सीन का अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की गई है कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सीरिंज और अन्य साजो सामान की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है

आज सुबह ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए कशल कर्मियों की संख्या बढाने के लिए बडे पैमाने पर कार्रवाई चल रही है उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में अलग से प्रतीक्षा कक्ष टीकाकरण और निरीक्षण कक्ष बनाए गए हैं उन्होंने कहा कि टीके के एक सौ लाभार्थियों के लिए पांच सदस्यों का दल तैयार किया गया है उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पडने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के पंजीकरण और उनकी जांच के लिए को विन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा साथ ही इसी पोर्टल से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एसएमएस और खुराक संबंधी जानकारी दी जाएगी टीकाकरण के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और ई प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी

मौसम प्रदेश में आज हिमपात और हल्की वर्षा से शीत लहर तेज हो गई है और अगले कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के ऊंचाई वाले स्थानों पर फिर से बर्फबारी हई जबकि हरिद्वार देहरादून पौड़ी टिहरी नैनीताल अल्मोड़ा बागेश्वर चम्पावत में हल्की बारिश हई पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह से ही तेज हवाओं के चलने और बारिश होने से मौसम में ठंडक की बढ़ोत्तरी हयी है

चम्पावत जिले में आज सुबह से ही हो रही हल्की बारिश से खेती किसानी में लगे लोगों ने राहत की सांस ली है पिथौरागढ़ के मुन्स्यारी और बागेश्वर स्थित पिण्डर घाटी में बर्फवारी की सुचना है

कार्यक्रम का शुभारम्भ मेयर सुनील उनियाल गामा ने दीप प्रज्वलित कर किया